इस विनियम के संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों तथा प्रशासन को प्राधिकृत अधिकारी बनाया गया है और इनका उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान भी किया गया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिनियम का उद्देश्य बीमारी के फैलाव को रोकना है

राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी कहा है कि नोवल कोरोना वायरस को फैलाव से रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है उन्होंने कहा कि इससे घबरायें नहीं और सावधानी बरतें आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से कोरोना वायरस संकमण से बचाव विषय पर विशेष परिचर्चा आज रात आठ बजे प्रसारित की जाएगी

श्री मोदी ने सुझाव दिया है कि सार्क के सभी सदस्य देशों के नागरिकों को स्वस्थ बनाये रखने के लिए इन देशों के नेताओं को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये विचार विमर्श करना चाहिए

उन्होंने आज सदन में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि भारत अपनी जलवायु की वजह से कोरोना वायरस के असर की दृष्टि से बेहतर स्थिति में है

इनमें तीन केरल के थे जिन्हें उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है

भाजपा ने अंतिम क्षणों में राजेंद्र गहलोत के साथ ओंकार सिंह लाखावत को भी चुनाव मैदान में उतार दिया आज भाजपा की ओर से राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत तथा कांग्रेस के उम्मीदवारों केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी ने अपने नामांकन दाखिल किये भाजपा की ओर से दो उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे जाने से मुकाबला रोचक हो गया है माना जा रहा था कि भाजपा एक सीट पर ही उम्मीदवार उतारेगी लेकिन श्री लखावत के मैदान में उतरने से मुकाबला रोचक बन गया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है श्री गहलोत ने राज्य के कई जिलों सिंचाई और पेयजल की योजनाओं के लिए बजट आवंटन का ऐलान किया

मुख्यमंत्री ने कई नई सड़क योजनाओं के अलावा कई अस्पतालों को कमोन्नत करने तथा शैय्याओं में बढोतरी की घोषणा भी की

इस दौरान सीओ शहर इस्माइल खान और महिला थाना के थाना प्रभारी सहित बडी संख्या में पुलिसकर्मी इस सफाईकर्मी के घर पर पहुंचे

इसमें जिले के एक हजार से अधिक किसानों ने भाग लिया मेले में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा उन्नत संतरा उत्पादन तकनीक की जानकारी दी गई